कांग्रेस पार्टी की ओर से देशव्यापी भारत बचाओ रैली आयोजित की गई

कानपुर में हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री ने अब तक हुए कार्यो पर चर्चा की और गंगा की सफाई के लिए सुझाव दिये

कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में ये जानकारी दी

केन्द्र सरकार की आर्थिक नीतियों के विरोध में नई दिल्ली में हुई मुख्य रैली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित प्रदेश से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया

दूसरी ओर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्य सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हये कहा कि मुख्यमंत्री किसानों की समस्याओं को समाधान करने के बजाय रामलीला मैदान की रैली में व्यस्त हैं

राज्यपाल ने आज एक आदेश जारी कर तृतीय अधिवेशन का सत्रावसान कर दिया इस संबंध में राज्य विधानसभा सचिवालय द्वारा एक अधिसुचना जारी की गई

हमारे संवाददाता ने कृषि विभाग के हवाले से बताया कि टिड्डियों के ये दल बाड़मेर की तरफ से आए हैं और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं कृषि विभाग के साथ जिला प्रशासन द्वारा भी पटाखे छोडकर और दवाइयों का छिड़काव कर टिड़िडयों पर नियंत्रण का प्रयास किया जा रहा है चित्तौडगढ जिले में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा डिजिटल मीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है पॉच दिन तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का उदघाटन आज सांसद सीपी जोशी ने किया इस मौके पर श्री जोशी ने कहा कि केन्द्र की भाजपा सरकार ने जो भी वादे किये हैं उसे पूरा करके दिखाया है

ये पुरस्कार प्रतिवर्ष देश में महिलाओं के लिये उत्कृष्ट कार्य करने वाली शॅख्सियत को दिया जाता है ग्रामीण महिलाओं के क्टीर उद्योगों को बढावा देने के लिये किये जा रहे प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिये यह सम्मान रूमादेवी को हस्तशिल्प के क्षेत्र में योगदान के लिये दिया जायेगा

सरकार ने नेशनल इलैक्ट्रॉनिक टोल कलैक्शन सिस्टम शुरू किया है

साथ ही जिले में अवैध हथियार रखने के मामले में भी दो युवकों को गिरफ्तार किया है इनसे देशी पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए हैं

उधर चित्तौड़गढ जिले के निम्बाहेड़ा मंगलवाड़ मार्ग पर पुलिस ने अवैध डोडा चूरा के साथ एक बाल अपचारी और दो अन्य को गिरफ्तार किया है

बोर्ड की सचिव मेघना चौधरी के अनुसार परीक्षा के लिये प्रवेश पत्र अपलोड कर दिये गये हैं जिन्हें संम्बन्धित विद्यालय के प्रधान डाउनलोड कर परीक्षार्थियों को उपलब्य करायेंगे परीक्षा सभी जिला मुख्यालय एवं तहसील स्तर पर निर्धारित केन्द्रों पर होगी

इनमें पारिवारिक विवाद जमीन जायदाद से जुड़े मामले और अन्य मामलों का निस्तारण किया गया

राज्य में हई वर्षा और ओलावृष्टि के बाद तापमान में गिरावट आने तथा सर्द हवा चलने से ठंड बढ़ गई पिछले चौबीस घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में छह डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई

इधर आज भी कई स्थानों पर सुबह देर तक कोहरा छाए रहने से यातायात पर असर पड़ा है कई रेलगाड़ियां निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं

हमारे सिरोही संवाददाता ने बताया कि यहॉ इस मौसम में बड़ी संख्या में देसी विदेशी सैलानी पहंचे हैं उदयपुर में भी अच्छी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं

देशभर से प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं